राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जल विद्युत उत्पादन में और अधिक कार्य करने पर दिया बल और कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा की नीतियों को ठहराया जिम्मेवार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

वे आज धर्मशाला में प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भाजपा का मूल मंत्र है उन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन की पहल कर हिमाचल अन्य राज्यों के लिए आदर्श बनकर उभरा है नड्डा ने पार्टी को बूथ स्तर पर सुदृढ़ करने के लिए पन्ना समिति गठित करने पर भी बल दिया जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रदेश व केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यकर्मों से आम लोगों को लाभान्वित करने का आहवान किया उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से जिला स्तर पर पार्टी कार्यालयों के लिए भूमि चिन्हित करने का आग्रह भी किया

बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और मंत्रिमण्डल के सदस्यों सहित सांसद और अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे परीक्षा पे चर्चा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूली विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण का आयोजन अगले महीने होगा

निशंक ने कहा कि इस बार यह कार्यक्रम वर्चअल माध्यम से आयोजित होगा कार्यक्रम के प्रतिभागियों को माई जीओवी प्लेटफार्म पर आयोजित होने वाले ऑनलाइन प्रतियोगिता के जरिये चुना जायेगा इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में विद्यार्थियों अभिभावकों व शिक्षकों से इस कार्यक्रम में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है राज्यपाल दौरा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जल विद्युत उत्पादन में और अधिक काम करने पर बल दिया है आज शिमला ज़िला के नाथपा झाखड़ी जल विद्युत परियोजना क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि जल विद्युत उत्पादन ने प्रदेश के आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इससे पूर्व उन्होंने सराहन स्थित भीमाकाली मंदिर में पूजा अर्चना भी की इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कल से किन्नौर ज़िले के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने बढ़ती मंहगाई के लिए भाजपा की नीतियों को जिम्मेवार ठहराया है उन्होंने धर्मशाला में आयोजित भाजपा के मंथन शिविर पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश बेरोजगारी व मंहगाई से जूझ रहा है जबकि भाजपा चुनाव मंथन में जुटी है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में राठौर ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार पार्टी कार्यक्रमों के लिए सरकारी पैसे का दुरूपयोग कर रही है उन्होंने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में हई कथित गड़बड़ी को लेकर भी चिंता जताई अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा सरकार पर बढ़ती महंगाई को कम करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है एक बयान में उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय महंगाई को मुख्य मुद्दा बनाने वाली भाजपा पैट्रोल डीजल व रसोई गैस की कीमतों में की जा रही वृद्धि पर चुप है मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को जन जन तक पहंचाने का आहवान किया है परामर्श सत्र कौशल विकास निगम के तत्वावधान में कुल्लू में आज से दो दिवसीय परामर्श सत्र शुरू हुआ जिसमें करीब दो सौ विद्यार्थियों ने भाग लिया

उन्होंने कहा कि एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित ये प्रशिक्षण विद्यार्थियों के लिए निशुल्क है

सेना भर्ती कार्यालय शिमला के निदेशक कर्नल तनवीर सिंह मान ने ये जानकारी दी है उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं

लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं वे टोल फ्री नंबर एक आठ शुन्य शून्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य पर भी डायल कर सकते हैं और अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और अपने सुझाव सीधे प्रधानमंत्री को एसएमएस में प्राप्त लिंक से भेज सकते हैं आयुष काढा मंडी जिला आयुष विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को आयुष काढ़े के दो हजार पैकेट सौंपे हैं जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर गोविन्द राम शर्मा ने बताया कि काढ़े के यह पैकेट कोरोना संक्रमितों और ठीक हो चुके मरीजों को दिए जाएंगे ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो